मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

वहीं चौसठ हजार से अधिक हुए स्वस्थ

भोपाल में बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को पांच स्थानों नादरा बस स्टैंड आईएसबीटी हबीबगंज रेलवे स्टेषन भोपाल मुख्य रेलवे स्टेषन और हलालपुरा बस स्टैंड पर आने को कहा गया है इन स्थानों से बसों द्वारा परीक्षा सेंटर ले जाया जाएगा इन्दौर में बीस हजार विद्यार्थियों के लिए तिरेसठ केन्द्र बनाये गये हैं

राज्यों में कोविड संक्रमण प्रबंधन के अनुभवों पर केंद्रित इस बैठक में वैक्सीन तैयार होने उसकी आपूर्ति श्रृंखला लाभार्थी नामांकन और डिलिवरी प्रणाली पर केंद्रित इ विन प्लेटफार्म के बारे में भी चर्चा की गई इस अवसर पर डाक्टर मिश्रा ने कहा कि अनलॉक का मतलब संक्रमण के विरुद्ध अपनी सुरक्षा कम करना नहीं है अटल स्मारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनेगा ये स्मारक पर्यटन स्थल के तौर पर तैयार किया जाएगा और इसमें अटलजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी इससे पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अटलजी की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए ग्वालियर में स्मारक बनाने की जरूरत बताई थी

वहीं मुख्यमंत्री ने कल मुरैना छैरा और कैलारस में कई विकास कार्यों के शिलायान्स तथा लोकार्पण किए मुख्यमंत्री ने मुरैना में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की विमान सेवा निजी विमानन कंपनी इंडिगो ने भोपाल से सूरत के लिए एक अक्टूबर से रोजाना उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है इसके लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है

टीकमगढ़ में सत्रह नये मरीज मिले है जबकि दो मरीजो की मृत्यु हो गई

दमोह में तिहत्तर धार में बहत्तर और कटनी में उनसठ संक्रमित मिले हैं बाजार बंदी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट और दस नंबर मार्केट के व्यापारियों ने अब रात साढ़े दस बजे के बजाय साढ़े आठ बजे तक ही दकाने खोलने का फैसला किया है राजधानी के अन्य बाजारों के व्यापारी भी दुकाने रात में जल्द बंद करने पर विचार कर रहे हैं सागर जिले के ख्रई और बण्डा सहित विभिन्न कस्बों में रविवार को दुकाने बंद रहेंगी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

परिवहन उत्सर्जन केन्द्र सरकार परिवहन वाहनों में उत्सर्जन और सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानक लागू करने की परिवर्तनकारी योजना पर काम कर रही है सरकार वाहन उद्योग की वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान बढ़ाने के लिए दूरगामी रूपरेखा तैयार कर रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत के वाहन उद्योग को विकसित देशों के समकक्ष लाने के लिए नये नियम बनाने पर विचार चल रहा है इनमें वाहनों की एंटी लॉक प्रणाली एयर बैग गति सीमा चेतावनी रिवर्स पार्किंग सुरक्षा उपकरण जैसे उपाय शामिल हैं

यह ट्रेन ललितपुर झांसी नई दिल्ली होते हुए कुरुक्षेत्र के लिए रोजाना चलेगी